एनडीए भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुना गया है

सबसे पहले भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने नरेन्द्र मोदी को भाजपा संसदीय दल का नेता चुनने का प्रस्ताव पेश किया जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया बाद में एनडीए के सभी घटक दलों ने नरेन्द्र मोदी को गठबंधन का नेता बनाए जाने का समर्थन किया

एनडीए के नेता नरेन्द्र मोदी आज ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे

प्रदेश के चारों नवनिर्वाचित सांसदों सहित मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी बैठक में भाग लिया

ये पहली बार है कि लगातार दूसरी बार गैर कांग्रेसी पार्टी केन्द्र में सत्ता संभाल रही है कांग्रेस कार्यसमिति लोकसभा चुनाव में हार पर मंथन के लिए कांग्रेस कार्यसमिति की आज नई दिल्ली में एक बैठक हई जिसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी ने की बैठक में यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रियंका गांधी गुलाम नबी आजाद और अंबिका सोनी सहित कई बड़े नेताओं ने भाग लिया राहल गांधी ने बैठक में अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की जिसे कार्यसमिति ने सर्वसम्मति से दुकरा दिया

उन्होंने बताया कि इस प्रतिकूल समय में कांग्रेस को राहुल गांधी की ज़रूरत है और उनके इस्तीफे की पेशकश को कार्यसमिति के सदस्यों ने एक स्वर से नामंजूर कर दिया उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर हार के कारणों का मंथन करेगी और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी सुरजेवाला ने बताया कि बैठक में राहुल गांधी को पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करने के लिए अधिकृत किया गया

राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों से जैविक खेती अपनाने का आहवान किया है बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में आज एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए नीति आयोग ने भी हिमाचल के प्रयासों को सराहा है उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती का असर ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देखा जा रहा है और ऐसे में प्राकृतिक खेती समय की मांग है शिक्षा बोर्ड प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जेबीटी टीजीटी भाषा अध्यापक शास्त्री पंजाबी व उर्दू की टैट परीक्षाएं अगले महीने ली जाएंगी

इस बीच स्कूल शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संघ के प्रधान विपिन मेहरा व अन्य पदाधिकारियों ने नव निर्वाचित सांसदों किशन कपूर अनुराग ठाकुर राम स्वरूप शर्मा और सुरेश कश्यप को शुभकामनाए दी हैं कर्मचारी श्रमिक व पैंशनर संघ के अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बेहतर कार्यों को दिया है

उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने आज इस संबंध में आयोजित एक बैठक में बताया कि शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इस बार ग्रीष्मोत्सव कार्निवाल के रूप में आयोजित होगा उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक संध्याओं के साथ साथ ग्रीष्मोत्सव में कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी उपायुक्त ने बताया कि इस दौरान रिट्ज़ व गेयटी थियेटर में हिमाचली फिल्में भी दिखाई जाएंगी एकल संगीत प्रस्तुतियों में शहनाई बांसुरी वादक व टमक दल अपनी कला का जादू बिखेरेंगे

शिमला ज़िले की चाशंल घाटी से किन्नौर जिले के ब्रआ की तरफ ट्रैकिंग पर निकले कोलकाता के एक ट्रैकर की ब्रुआ में भारी ठंड से मौत हो गई

सूत्रों के अनुसार इनकी मौत का कारण करंट लगना बताया गया है ये दोनों मज़दूर गाजियाबाद के रहने वाले थे उधर चंबा ज़िले में चुराह क्षेत्र के नकरोड़ चांजू सड़क पर एक गाड़ी के चुरसेऊ मोड़ के पास कल शाम खाई में गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई

सर्वसांझी गुरमत प्रचार कमेटी सोलन द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश में ख्याति प्राप्त रागी जत्थे संगतों को निहाल करेंगे

सोलन के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विवेक चंदेल ने बताया कि बड़ोग बाईपास पर बनाए जा रहे फ़लाई ओवर के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है अग्निकांड गर्मी के मौसम में अग्निकांड को रोकने के लिए बिलासपुर ज़िला प्रशासन प्रभावी कदम उठा रहा है उपायुक्त विवेक भाटिया ने आज बिलासपुर में एक बैठक में बताया कि जंगलों में आग लगाने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग का सहयोग लिया जा रहा है

पोषण अभियान पोषण अभियान के तहत चंबा ज़िले में इन दिनों बच्चों गर्भवती महिलाओं और धातृ माताओं को पोषण क बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है जनसाली आंगनबाड़ी केन्द्र में आज एक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया